आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि कुछ संस्थानों ने शिकायत की थी कि पिछले पैतालीस वर्षों में देश में बेरोजगार की दर इस समय सबसे अधिक है उन्होंने कहा कि आकड़ा तथ्यों पर आधारित नही है श्रम और रोजगार मंत्री ने कहा कि भारत में बेरोजगारी दर तीन दशमलव पांच प्रतिशत है जबकि वेश्विक स्तर पर यह दर पांच दशमलव छह प्रतिशत है

पाचिन स्थित आबोतानी विद्यानिकेतन को एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के शिक्षन प्रणाली को सशक्त बनाने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है इस अवसर पर उन्होंने प्री बोर्ड परिक्षा निगलोक में सैनिक स्कुल की स्थापना इत्यादि जैसे राज्य सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में भी जानकारी दी

सेना और असम राईफल द्वारा दक्षिण अरुणाचल प्रदेश में स्पेयर क्रॉप्स के तहत सक्रिय उग्रवादी संगठन के खिलाफ कार्रवाई किए जा रहे ऑपरेशन का यह एक भाग था

दापोरिजो में चल रहे सभी परियोजनाओं का जायजा लेते हुए श्री सोकी ने शनिवार को मिनि सेकेट्रियट परियोजना की धीमि गति से चल रहे कार्य पर असंतोष जाहिर की उन्होंने संबंद्व प्रभारी इंजीनियर से कार्यस्थल पर ठेकेदार के नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करते हुए परियजना को समय सिमा के अंदर समाप्त करने का निर्देश दिया

आरटीजीएस और नेफ्ट प्रणाली के माध्यम से धनराशि के अंतरण पर आज से सभी प्रभारों को मुक्त करने के निर्णय की घोषणा के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से इसका लाभ तत्काल प्रभाव से उपभोक्ताओं को देने को कहा है

हर साल एक जुलाई को देश में डॉक्टर्स के योगदान को सम्मान के लिए नेशनल डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है केंद्र सरकार ने उन्नीस सौ ईक्यानवें में इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी हर साल डॉक्टर्स डे को एक थीम के साथ मनाया जाता है इस साल डॉक्टर्स दिवस की थीम डॉक्टर्स के प्रति हिंसा को लेकर जीरो सहनशीलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज को स्वस्थ और दुरुस्त रखने के लगातार प्रयासों के लिए चिकित्सकों को बधाई दी है डॉक्टर्स डे के अवसर पर एक टवीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की भलाई के लिए चिकित्सकों के योगदान का शब्द में बयान नहीं किया जा सकता उन्होंने प्रसिद्ध चिकित्सक बी एस रॉय को भी याद किया इस अवसर पर चिकित्सकों के सम्मान में पासिघाट में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया

अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतों में कमी को देखते हुए ऐसा किया है